मंत्री परिषद बैठक मंत्री परिषद की बैठक में बिजली बिलों को आधे किये जाने को मंजूरी दी गई

बैठक में बताया गया कि बिजली बिल की विसंगतियों को दूर करने के लिए विधानसभा स्तर पर शिविर का आयोजन किया जायेगा सरकार हज केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉमोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है उन्होंने बताया कि बिना किसी कटौती के पूरी रकम ऑनलाइन आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी राज्य हज कमेटी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिना मेहरम आवेदन करने वाली महिलाओं को अगले वर्ष हज पर जाने की अनुमति दी जायेगी

उधर केन्द्र सरकार आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें इस प्रकार की दवा की कोई जानकारी नहीं है मंत्रालय ने बिना जांच के इस दवा का प्रचार नहीं करने को कहा है

कांग्रेस प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा

श्री नाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के काल में जहां लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं वहीं केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ाती जा रहीं हैं उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से महंगायी बढ़ रही है और आम जनता प्रभावित हो रही है

अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बाताया है कि जिला कोरोना मुक्त हो गया है

कॉलेज परीक्षा कोरोना संकट को देखते हुए स्कूल के बाद अब कालेज के विद्यार्थियों को भीजनरल प्रोमोशन दिया जायेगा स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रवेश किये जाने का फैसला किया गया है विद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष या सेमेस्टर के अंकों या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा

स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षो या सेमेस्टर्स में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर और सुधार चाहते हैं उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर उमरिया जिले में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान की शुरुआत की गई है जिसके तहत स्व सहायता समूहों की महिलाओ को रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण की शुरूआत की गई है पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूहों के सदस्यों से वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए बात कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो की जानकारी ली थी साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करानें की बात कही थी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि इसी के तहत स्कूली विद्यार्थियों के गणवेश की सिलाई का कार्य स्व सहायता समूह की महिलाओ को सौंपा गया है

ऐसे में संकुल स्तर पर सेन्टर स्थापित कर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है यहां दक्षता हासिल कर रही महिलाएं संभावित आमदनी को लेकर काफी उत्साहित हैं

उमरिया से संतोष गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से राशिद अहमद खान श्यामा प्रसाद मुखर्जी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज भारतीय जन संघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उन्हें याद किया इधर भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई शिवपुरी और होशंगाबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉ मुखर्जी को बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाया सतना में पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी ने डॉ मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया सदियों पुरानी और विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा ओडिशा के पुरी में कुछ शर्तों के साथ आज शुरू हो गयी है श्रद्वालु द्वारा खींचे जाने से पहले रथ पर झाड़ लगाने की रस्म पुरी के गजपति महाराज दिब्यसिंह देब ने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को जगन्नाथ यात्रा की बधाई दी होशंगाबाद में जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही परंपरा निभाते हुए रथ घुमाया गया मौसम बारिश राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऊपरी हवाओं का चक्रवात और टर्फ लाइन के गुजरने के अलावा बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है जिससे दो दिन में मॉनसून के पूरे प्रदेश में छाने की संभावना जताई गई है शिवपुरी से हमारे संवादताता ने बताया कि जिले में आज मानसून की पहली बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली नीमच होशंगाबाद सतना उमरिया जिले में आज बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली डिंडौरी में कल रात से ही रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है

सेमरिया बढ़ौरा तेंदुआ अमरवाह होते हुए टिड्डियों का दल सीधी शहर पहुंचा